भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हितग्राहियों को पट्टों का वितरण करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदिवासी भाई बहनों के कल्याण और विकास के लिये राज्य सरकार निरंतर सक्रिय है प्रदेश में आश्रम शालाएँ छात्रावास एकलव्य विद्यालय बड़ी संख्या में स्थापित किये गए हैं

जिला स्तरीय कार्यक्रमों में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों और अन्य जन प्रतिनिधियों ने हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे वितरित किये

हितग्राहियों ने अपनी प्रतिकिया में बताया कि पट्टा मिलने से वे बहुत खुश हैं

लोग अपने विचार नमो एप या माइजीओवी ओपन फोरम पर भी साझा कर सकते हैं

ऋण शोधन अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपने बकाया कर्ज की राशि चुकाने में असमर्थ हो जाता है विधेयक में संहिता के तहत कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित करने की भी व्यवस्था है

छात्रों को आकाशवाणी के जरिये पढाया जाएगा प्रतिदिन तय समय पर तीन तीन घंटे स्नातक और स्नातकोत्तर पाढ़यक़म के व्याख्यान होंगे प्रदेशभर के सरकारी कॉलेजों में इसी तरह पढ़ाई होगी च्रंकि प्रदेशभर में बीकॉमबीए और बीएससी तथा एमकॉम एमए और एमएससी का एक ही पाढ़यक़म है इसलिए सभी के लिये एक समान लेक्चर जारी किए जाएंगे अलग अलग कोर्स की अलग अलग क्लास के लेक्चर तैयार कराने का जिम्मा सभी राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों को सौंपा गया है

इस योजना के माध्यम से ग्वालियर ज़िले में भी अधिक से अधिक पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके इसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं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

प्रशासन ने इस मामले में दो नाकेदारों को सस्पेंड कर दिया है